यह जानकारी आज विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान विधायक प्रीतम सिंह पंवार के प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने दी जलागम प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज ने विधायक धन सिंह नेगी के प्रश्न के उत्तर में कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया गया और जिला योजना के अंतर्गत जनपदीय स्तर पर स्थानीय य्वाओं को प्रशिक्षित किया जाता है

इस बीच सदन के पटल पर आज पांच विधेयक रखे गए उधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कल सदन में होने वाली कार्रवाई पर चर्चा की गई

पहले दो चरणों में लगभग एक हजार लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है भारत बायोटेक ने पहले कहा था कि प्रथम चरण के नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि इस वैक्सीन का मानव पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और यह कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करने में सक्षम पाया गया है तीन टीकों में से एक को वैक्सीन टीका केंद्रीय औषधि नियामक द्वारा आपातकालीन उपयोग के अन्मोदन का इंतजार कर रहा है

उन्होंने कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति सफर न करे और सभी वाहन चालक स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें जिलाधिकारी ने पिछले तीन महीनों में होने वाली द्र्घटनाओं द्र्घटना के कारण और निवारण पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रत्येक द्र्घटना को गम्भीरता से लेना जरूरी है थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है उन्होंने अधिकारियों को द्र्घटना सम्भावित क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाकर देने के निर्देश दिये हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई जगह अवैध कट लगे होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे अवैध कट को तत्काल बंद किया जाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लायी जाए

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा उमा रावत ने इस बात की जानकारी दी कोटद्वार में चल रही भर्ती रैली में शामिल होने के लिए प्रत्येक य्वक को कोविड निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी है इसके चलते चमोली जिला प्रशासन ने तहसील स्तर पर कोविड जांच के लिए विशेष चिकित्सा शिविर लगाए हैं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा टीम को सभी स्थलों पर युवाओं की कोविड जांच कर प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए हैं मौसम प्रदेश में ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है कई जिलों में पाला गिरने से ठिठ्रन बढ़ गई है आज कहीं कहीं बादल छाये रहे जबकि दूसरी जगह मौसम साफ रहा बारिश न होने से सूखी ठंड पड़ रही है मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के मैदानी क्षेत्रों विशेषकर उधमसिंह नगर और हरिद्वार में कहीं कहीं कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि देहरादून में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रखनी आवश्यक है आज नव नियुक्त एसएसपी डॉक्टर योगेन्द्र सिंह रावत ने राज्यपाल से शिष्टाचार भैंट की इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और नशे के व्यापार पर प्रभावी रोक लगाना प्लिस की प्राथमिकता होनी चाहिए उन्होंने कहा कि आम जनमानस को सरल और सुलभ न्याय मिले ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलाधिकारियों को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश दिये

साथ ही प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित भी करेंगे म्ख्य सचिव ने प्रदेश के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों के साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था करने और प्रधानमंत्री के संदेश को सुनने के लिए क्षेत्र के किसानों को आमंत्रित करने के निर्देश दिये इस अवसर पर विकासखण्ड मुख्यालयों और न्याय पंचायत स्तर पर किसान मेलों का भी आयोजन किया जाएगा साथ ही किसान गोष्ठी आयोजित कर किसानो के हितों के चलाई जा रही योजनाओं और नये कृषि कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी

सौर स्वरोजगार योजना राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता की पृर्ति और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए प्रदेश के युवाओं प्रवासियों और कृषकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है

योजना के अंतर्गत एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति से आवेदन मांगे जा रहे हैं

उन्होंने बताया कि इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा टांसफार्मरों की क्षमता की बाध्यता कम करने को लेकर शासन से पत्राचार किया गया है ताकि परियोजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके

इन सोलर पावर प्लांटों से उत्पादित बिजली को यूपीसीएल को बेचकर आय का साधन बनाया जा रहा है रिस्पना पनर्जीवन देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने रिस्पना नदी के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में विभागों को एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं एमडीडीए और जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि रिस्पना नदी में बढ़ रही गंदगी से निजात दिलाने के लिए जगह जगह डस्टबीन लगाये जाएंगे